मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री कमल नाथ आज झाबुआ से प्रदेश के शहरी आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने की योजना मुख्यमंत्री आवास मिशन शहरी का शुभारंभ करेंगे

मिशन का उददेश्य प्रदेश के सभी शहरों में गरीबों को आवासीय भूमि का पट्टा एवं पक्का आवास उपलब्ध कराना है

मोदी कार्यशाला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मथुरा से देश के सभी छह सौ सतासी जिलों के कृषि विज्ञान केन्द्रों में एक साथ राष्ट्रव्यापी कार्यशालाओं का उद्घाटन करेंगे जिसका विषय टीकाकरण और रोग नियंत्रण कृत्रिम गर्भाधान और उत्पादकता है इसके अलावा प्रधानमंत्री मवेशियों की बीमारी मुंह पका खुर पका और ब्रूसेला यानी माल्टा ज्वर के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करेंगे

ग्राम सभाएँ दो चरणों में होंगी

सीतारामन सौ दिन केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के प्रति जिम्मेदार हैं और इसे मजबूत बनाने के लिए कई उपाय कर रही है नरेन्द्र मोदी सरकार के ठोस और निर्णायक फैसलों के सौ दिन के बारे में चेन्नई में मीडिया से भेंट के दौरान चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्य्वस्था की वृद्धि दर गिरकर पांच प्रतिशत हो जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जीडीपी में उतार चढ़ाव विकास प्रक्रिया का हिस्सा है उन्होंने कहा कि सरकार मांग और खपत को मजबूती देने और आर्थिक प्रणाली में विश्वाास बढ़ाने के लिए सभी सम्बद्ध पक्षों से जानकारी जुटा रही हैं वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाली तिमाहियों में सरकार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्वि दर बढ़ाने पर पूरा ध्यान केन्द्रित करेगी ऑटो मोबाइल उद्योग में रोजगार के अवसरों में कथित कमी के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में मंदी से निपटने के प्रति सजग है

आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम की अध्यक्षता में कल आदिवासी क्षेत्रों में कन्या शिक्षा परिसर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खेल परिसर गुरूकुलम कन्या छात्रावास कौशल विकास केन्द्र और आश्रम भवनों के निर्माण की समीक्षा बैठक में ये जानकार दी गयी श्री मरकाम ने निर्देश दिये कि निर्माण कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किये जायें उन्होंने कहा कि कार्यों में देरी और गुणवत्ता के मामले में लापरवाही करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये घंटानाद भारतीय जनता पार्टी किसानों की कर्जमाफी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और अन्य मांगों को लेकर आज प्रदेश में प्रदर्शन और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार चुनावी वादे पूरे करने में नाकाम रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जनता की मांगों के संबंध में संजग बनाने के लिए ये घंटानाद आंदोलन किया जा रहा है

वहीं प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने एक बयान में कहा कि राज्य कि कांग्रेस सरकार जनता के विकास कार्यो को लेकर पूरी तरह सजग है उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को आंदोलन करना है तो केन्द्र सरकार को जाग्रत करने के लिए करें श्री सल्जा ने कहा कि केन्द्र की नीतियों के कारण देश में व्यापार व्यवसाय और उद्योग जगत जर्जर हालत में पहुॅच गया विशेष ट्रेन पितृपक्ष के अवसर पर पिंडदान और तर्पण के लिए गया जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे का भोपाल मंडल कल से हबीबगंज गया हबीबगंज के बीच स्पेशल ट्रेन चलायेगा

यह विशेष गाड़ी विदिशा गंजबासोदा बीना सागर दमोह कटनी मैहर सतना में रूकेगी बीसीसीआई आकाशवाणी बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के भारत में खेले जाने वाले और घरेलू मैचों के रेडियो पर सीधे प्रसारण के लिए आकाशवाणी से दो साल का करार किया है कल इस संबंध में घोषणा की गई इससे देश के लाखों श्रोताओं को आकाशवाणी पर रेडियो कमेंट्री के जरिये मैच का सीधा प्रसारण सुनने को मिलेगा

इस साझेदारी के तहत रणजी ट्रॉफी ईरानी कप देवधर ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और महिला चैलेंजर जैसी श्रृंखलाएं भी शामिल है

ग्रुप बी के मैच में मध्य प्रदेश ने हरियाणा को दो एक से पराजित कर दिया जबकि बिहार ने कर्नाटक को तीन शून्य से पराजित किया पिछले साल विजेता रही मणिपुर की टीम कल पश्चिम बंगाल के साथ खेलेगी

टीमों को आठ समूहों में बांटा गया है मौसम प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों से वर्षा का दौर जारी है मौसम विभाग ने आज इंदौर उज्जैन भोपाल जबलपुर रीवा सागर होशंगाबाद शहडोल संभागों में भारी बारिश की चेतावनी दी है राजधानी भोपाल में लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है कल शाम भी भारी वर्षा के बाद आज सुबह से भी बारिश हो रही है कल शाम तक एक इंच से ज्यादा वर्षा रिकार्ड की गई

होशंगाबाद में सेठानी घाट पर नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं आगरमालवा में भारी बारिश के चलते आज स्कूलों और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित किया गया है खंडवा में भारी बारिश के चलते ओमंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांधों के गेट से पानी लगातार छोड़ा रहा है खंडवा इन्दौर मार्ग बंद है